कहा इस कानून का विरोध संसद का विरोध है

और प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया है और इन अल्पसंख्यकों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है कर्नाटक के तुमकुरू में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों का हमेशा उत्पीड़न होता है उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रताड़ित किये गये लोगों को सम्मानजक जीवन प्रदान करने के लिये संसद ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया है

हजारों ऐसे लोगों को वहां से अपना घर छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा है भारत आने के लिये मजबूर होना पड़ा है प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को गलत बताया श्री मोदी ने कहा कि इस कानून का विरोध एक तरह से देश की संसद का विरोध है उन्होंने कानून का विरोध करने के लिये कांग्रेस को कड़ी फटकार लगायी

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून सीएए के नाम पर राजनीति कर रही है श्री सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में सीएए लागू नहीं करने की बात कहने वाले लोग देश की एकता अखंडता और संप्रभुता पर चोट कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज नवादा जिले के पकरीबरावां में भाजपा की ओर से समर्थन रैली का आयोजन किया गया वारिसलीगंज विधायक अरूणा देवी के नेतृत्व में इस ज़ुलूस का आयोजन हुआ श्रीमती अरूणा देवी ने कहा कि यह कानून नागरिकता छीनने के लिये नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिये बनायी गयी है उन्होंने विपक्षी दलों पर कानून के विषय में लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया

त्योहारों को देखते हुए कार्यक्रम की तारीख को आगे बढ़ाया गया है पहले यह कार्यक्रम सोलह जनवरी को होना था इस कार्यक्रम में बिहार के सत्तर विद्यार्थी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार को कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिये आज दो कृषि कर्मण प्रस्कार प्रदान किये कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित समारोह में वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह के लिये मोटे अनाज की श्रेणी में मक्का और वर्ष दो हजार सत्रह अठारह में गेहूं के रिकार्ड उत्पादन के लिये राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया पटना को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनडीपी ने पटना नगर निगम के साथ मिलकर आज से विशेष अभियान की शुरूआत की है यूएनडीपी के निदेशक प्रभजोत सोढ़ी ने बताया कि इसके तहत आम लोगों से प्लास्टिक लिया जा रहा है और इसके बदले उन्हें बहुउपयोगी थैले दिये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि एकत्र किये गये प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर इसका उपयोग सड़क और सीमेंट निर्माण में किया जायेगा सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तिरपनवें प्रकाश पर्व पर पूरा पटना साहिब वाहे गुरू जी के जयकारों से गुंजायमान है गुरू महाराज का जन्मदिवस समारोह आज देर रात पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में आयोजित किया जायेगा इसके साथ ही तीन दिनों से चल रहे मुख्य समारोह का समापन भी हो जायेगा इससे पूर्व आज सुबह विशेष समागम में अरदास हुकुमनामा हुआ और गुरू शब्द विचार और शबद कीर्तन की प्रस्तुति हुई बाद में श्रद्वालुओं के बीच कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया और लंगर का भी आयोजन हुआ अभी संत समागम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के कोने कोने से आये रागी गुरू महाराज के उपदेश और उनके जीवन पर आधारित कथाओं की प्रस्तुति हो रही है जिसे सुनकर श्रद्धालु निहाल हो रहे हैं

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं इधर राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरमंदिर साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से बौद्ध धर्म गुरू दलाईलामा का प्रवचन शुरू हो गया है इस कार्यक्रम में सैंतालीस देशों से लगभग पैंतीस हजार बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं दलाईलामा के प्रवचन का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया जा रहा है कल बौद्ध धर्म गुरू दीक्षा प्रदान करेंगे चार से छह जनवरी तक दलाईलामा द व्हील ऑफ टीचिंग और मंजूश्री पर प्रवचन करेंगे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही बादल छाये हुए हैं और कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है भागलपुर नवादा और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर एक मिलीमीटर से तीन दशमलव दो मिलीमीटर तक बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से दक्षिण बिहार तक साइक्लॉनिक ट्रफ लाईन गुजर रही है जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने कहा है कि तीन चार दिनों बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने पर एक बार फिर तेजी से तापमान में गिरावट आ सकती है आज छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह गया का ग्यारह दशमलव दो भागलपुर का ग्यारह दशमलव नौ और पूर्णिया का नौ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वैशाली जिले के महुआ में अपराधियों ने विशन परसी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मनीष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि राजनीतिक रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से एक लाख सतासी हजार रूपये लूट लिये वहीं भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति से पचास हजार रूपये लूट लिये कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर में सौ फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है मंडल रेल प्रबंधक रविन्द्र कुमार वर्मा ने एक कार्यक्रम में झंडोत्तोलन किया अररिया जिले के कुर्साकांटा और नरपतगंज थाना क्षेत्रों से पुलिस ने पांच शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है

कहा इस कानून का विरोध संसद का विरोध है

और प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश